इसके लिए अलवर और भरतपुर जिले में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जा रही है जिससे पुरे राज्य में पुलिस के लिए इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम लागू किया जा सके कल जयपुर में राज्य की कानून व्यवस्था की र्रिथति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई बैठॅक में मुख्यमंत्री अशोंक गहलोत ने कहा कि अपराधियों पर शिकंजा कसने और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस का बिना देरी घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी है श्री गहलोत ने राज्य में पुलिस द्वारा माफिया के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान को और मजबूत बनाने के निर्देश भी दिये

आज जयपुर में राज्यस्तरीय कर परामर्शदात्री समिति के साथ हो रही बैठक में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिर्यो ने यह जानकारी दी आज बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समिति के साथ बैठक कर रहे है चर्चा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और ऊर्जा मंत्री डॉ बी डी कल्ला सहित कई विभागों के शासन सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव भाग ले रहे है बैठक में कई विशेष सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है

गार्गी पुरस्कार में तीन हजार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में पांच हजार रूपये की राशि बालिकाओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जायेगी गार्गी पुरस्कार समारोह के दौरान ही जिला स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार भी दिये जायेंगे

अब बच्चों को फल के साथ गर्म भोजन भी दिया जायेगा महिला और बाल विकास विभाग के समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा इसके लिए आदेश जारी कर दिये गए है

यह जानकारी कल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल ने दी श्री मेघवाल राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि समिति में किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे बैठक में समुदाय की प्रतिनिधि पुष्पा माई और मालिनी दास ने कहा कि प्रदेश के किन्नर पिछले कई वर्षो से पहचान मिलने का इंतजार कर रहे है

इनमें शोभायात्रा सहित अलग अलग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण मशहूर लोक गायक पूरणचन्द वड़ाली और लखविन्दर सिंह वड़ाली का गायन होगा

समारोह स्थल के रूप में मां जी का घाट आमराई फतेहसागर पाल और गांधी मैदान पर भव्य मंच तैयार किये गये है